प्रदेश विधानसभा ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को शोकोदगार के माध्यम से दी श्रद्दांजलि सदस्यों ने जेटली के योगदान को किया याद राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोकसेवा आयोग में भर्ती प्रकिया में तेजी लाने की जरूरत पर दिया बल

प्रश्नकाल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दी गई प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट में मंडी जिले के नागचला को अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त पाया गया है इससे प्रदेश के अपने पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की उम्मीद और मजबूत हो गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच विचार विमर्श जारी है

विधायक जवाहर ठाक्र के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पठानकोट जोगिंद्रनगर घटासनी सड़क के सुदुढ़ीकरण और चौड़ा करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा है उन्होंने कहा कि घटासनी भुभुजोत लग वैली कुल्लू सड़क और भुभुजोत सुरंग की ड्राफ्ट संरेखण रिपोर्ट केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजी है मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इस सड़क और सुरंग को बनाने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

उन्होंने कहा कि भानुपल्ली लेह रेललाईन के लिए बरमाणा से लेह तक रेल लाईन का सर्वे रेलवे प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है इसके लिए अभी भूमि अधिग्रहण का कार्य आरंभ नहीं किया गया है विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी दवा कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया है और विभाग किसी भी ब्लैक लिस्ट की गई कंपनी से दवाई की आपूर्ति नहीं कर रहा है श्रद्वांजलि प्रदेश विधानसभा ने आज पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को शोकोद्गार के माध्यम से श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश विधानसभा ने आज नई परम्परा आरंभ करते हुए सत्र के दौरान ऐसे राष्ट्रीय नेता के निधन पर शोकोद्गार प्रकट करने और सदन की कार्यवाही उस दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि इसके लिए सदन की सहमति जरूरी होगी इससे पूर्व शोक प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अरुण जेटली राष्ट्रीय नेता थे और वे किसी दल तक सीमित नहीं थे मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली की छवि एक कद्दावर नेता की थी और उनका जाना भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे देश की क्षति है जयराम ठाक्र ने कहा कि अरुण जेटली को देश एक प्रखर और तेजस्वी वक्ता के रूप में हमेशा याद रखेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जेटली का हिमाचल के साथ बहुत जुड़ाव था और वह हिमाचल के लिए अक्सर अलग से समय निकालते थे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अरुण जेटली के साथ बिताए अनुभवों को सांझा किया और कहा कि सुप्रीमकोर्ट में उनका अलग रुतबा था उन्होंने कांग्रेस की ओर से जेटली को श्रदांजलि दी माकपा के राकेश सिंघा कांग्रेस के सुखविंद्र सिंह सुक्खू शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी अरुण जेटली को श्रद्वांजलि दी बाद में सदन ने उनके सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोकसेवा आयोग में भर्ती प्रकिया में हर स्तर पर तेजी लाने की जरूरत पर बल दिया है ताकि निर्धारित समय अवधि में खाली पदों को भरा जा सके शिमला स्थित राजभवन में आज प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल डीवीएस राणा के साथ एक बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही कलराज मिश्र ने आयोग द्वारा भर्ती प्रकिया में पूर्ण पारदर्शिता अपनाए जाने की सराहना की और भविष्य में भी आयोग की विश्वसनीयता बनाए रखने की सलाह दी इस अवसर पर डीवीएसराणा ने राज्यपाल को आयोग द्वारा शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी इस बीच पुलिस महानिदेशक जेल सोमेश गोयल ने भी राज्यपाल से भेंट की और उन्हें विभाग द्वारा चलाए गए जेल टू जॉब अभियान की जानकारी दी आर्थिक गणना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित सातवीं आर्थिक गणना का आज शिमला में शुभारंभ किया आर्थिक गणना से देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक पहलुओं से जानकारी मिलती है मणिमहेश यात्रा चंबा जिले में भरमौर हडसर सड़क पर प्रंघाला के समीप धनाली नाले पर बनी पुलिया कल रात भारी वर्षा से बह गई जिससे महिणमेहश यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है चंबा से हमारे प्रतिनिधि विकास ठाकुर ने बताया है कि पुलिया के बह जाने से सड़क का एक बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो गया है और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है भरमौर के एडीएम पृथी पाल सिंह ने कहा कि श्रद्वालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है और मार्ग बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है उन्होंने सड़क के बहाल न होने तक श्रद्धालुओं से यात्रा न करने की अपील की है पोषण अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए पोषण अभियान में सोलन जिला को सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है जिससे लोगों में खुशी की लहर है महिला व बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने इसका श्रेय आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं सहित इस कार्य से जुड़े अन्य सभी कर्मचारियों को दिया

केलंग से हमारे प्रतिनिधि कुंदन लाल के अनुसार लाहौल घाटी के अधिकतर भागों में पिछले एक सप्ताह से बीएसएनएल के टावर बंद पड़े हैं इंटरनेट सेवा के बाधित होने से सरकारी काम काज के साथ साथ परीक्षार्थियों और बेरोजगारों को भी असुविधा हो रही है स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में जल्द इंटरनेट सेवा सुचारू करने का सरकार से आग्रह किया है सुक्ख कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार राज्य पर्यटन विकास निगम की संपतियों को बेचना चाह रही है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव चहेतों को बेची जाएंगी सुक्खू ने कहा कि प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सरकार होटल बेचने को लेकर सदन में वक्तव्य दे कि आखिर किस मजबूरी में यह निर्णय लिया गया है सुक्खू ने ये भी कहा कि सरकार को निगम के होटलों को बेचने के बजाए फायदे में लाने की नीति बनानी चाहिए ताकि नए होटल स्थापित किए जा सके बादल फटा शिमला जिले में रामपुर उपमंडल के झाकड़ी इलाके की बघाल पंचायत में आज तड़के बादल फटने से धराल नाले में बाढ़ आ गई जिससे कई घरों व वाहनों को नुकसान पहुंचा है रामपुर के उप पुलिस अधीक्षक अभिमन्यू वर्मा ने बताया कि बाढ़ से लोगों के घरों में रखा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है